इस दौरान वे विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ करने के अलावा महिला मंडलों द्वारा आयोजित झांकी को भी रवाना करेंगे इस कार्निवाल का मुख्य आकर्षण विंटर क्वीन का चयन रहता है

आजीविका मिशन दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सफल संचालन के लिए हिमाचल प्रदेश को उत्तर पूर्व क्षेत्र और हिमालयन राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है पुरस्कार में केन्द्र सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र व प्रदेश को पांच करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया गया

आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने दृष्टिबाधित लोगों की सहायता के लिए मनी नाम का एक मोबाईल ऐप जारी किया है इस ऐप के जरिए रुपए की पहचान हो सकेगी मनी ऐप एन्ड्रायड और आईओएस दोनों संचालन प्रणालियों पर उपलब्ध होगा आरबीआई ने कहा कि यह ऐप डाउनलोड करने के बाद बिना इंटरनेट के भी काम करेगा इसके जरिए उपयोगकर्ता कैमरे का उपयोग करके नोट को स्कैन कर सकते हैं ऐप नोट को पहचानकर हिन्दी और अंग्रेजी में बोलकर जानकारी देगा प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा परीक्षा से जुड़ा तनाव दूर करने के लिए देश विदेश के विभिन्न वर्गो के विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत से संबंधित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम इस साल बीस जनवरी को होगा

पूरे देश में पोंगल मकर संक्रांति लोहड़ी और ओणम पर्व को देखते हुए कार्यक्रम की तारीख बदली गयी है मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में हल्के बादल छाए हुए हैं और तापमान में गिरावट के चलते जबरदस्त शीतलहर जारी है जनजातीय इलाकों में तापमान शून्य से काफी नीचे चल रहा है राज्य के निचले जिलों में सुबह शाम गहरी ध्रुंध पड़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं कुछ इलाकों में पाला पड़ने से गेहूं सहित अन्य फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है मौसम विभाग ने आज व कल प्रदेश के कई इलाकों में वर्षा और हिमपात की संभावना जताई है

अमर उजाला की सुर्खी है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में हिमाचल रहा अव्वल दिव्य हिमाचल का शीर्षक है शहरी आजीविका मिशन में हिमाचल फर्स्ट दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं शहरी आजीविका मिशन में हिमाचल प्रदेश अव्वल केंद्र से मिलेगी पांच करोड़ की अतिरिक्त ग्रांट

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से हिमाचल दस्तक लिखता है मंत्रिमंडल विस्तार से पहले चुनेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आपका फैसला के अनुसार जल्द दूर होगी शिमला शहर की पेयजल समस्या अमर उजाला की एक खबर है पर्यटन को लगेंगे पंख शिमला में बनेगा प्रदेश का पहला स्काई वॉक

इसी पत्र के अनुसार राजपथ पर दिखेगा कुल्लू दशहरा हिमाचल दस्तक की एक खबर है जल्द भारत लाया जाएगा टेक्नोमैक टैक्स घोटाले का मास्टरमाइंड सीआईडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से संपर्क साध शुरू की प्रकिया